अब लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र बढ़ने लगी है श्री नाईक आज सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के छत्तीसवें दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की नींव रखी गयी थी जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आगे बढ़ा रहे हैं राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है और नकलविहीन परीक्षा के कारण रिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है श्री नाईक ने मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट साध् बेट पर बनी विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यानी स्टेच्यू ऑफ युनिटी और इससे जुड़ी अन्य परियाजनाओं का अवलोकन किया उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे विकसित की जा रही फूलों की घांटी म्यूजियम और प्रदर्शनी को भी देखा श्री योगी किसी अन्य राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जो लोकार्पण के बाद स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने गुजरात गये हैं मुख्यमंत्री श्री योगी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के आमंत्रण पर केवड़िया पहुंचे इस अवसर पर मुख्यमंत्री रूपाणी भी मौजूद रहे केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लखनऊ में निर्भया फंड योजना के अन्तर्गत एक सौ चौरानवें करोड़ रूपये से अधिक की सेफ सिटी परियोजना को मंजूरी दी है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 यह परियोजनाएं निर्भया फंड के अन्तर्गत स्थापित की जायेंगी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 लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नगर पालिका निकाय तथा शहरी यातायात प्राधिकरण की सहायता से लागू की जायेगी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 गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के दृढ़ निश्चय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी गम्मीरता से लिया है गन्ना किसानों के विकास के लिये ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है आने बाला समय गन्ना किसानों के लिये खुशियों भरा होगा गन्ना विकास मंत्री आज फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में निवेश का बेहतर वातावरण बन रहा है जिससे करोड़ो युवाओं के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा रेल यात्रियों ने कल से बिना आरक्षण वाली सामान्य श्रेणी की टिकटों की ऑन लाइन बुकिंग शुरू कर दी है ऑनलाइन बुकिंग के लिये जारी निर्देश के अनुसार यात्रियों को गूगल प्ले स्टोर या विंडो स्टोर से अपने मोबाइल पर यू टी एस एप डाउनलोड करना होगा सभी जरूरी जानकारियां रजिस्टर करने के बाद यात्रियों को यू टी एस मोबाइल एप पर एक यूजर आई डी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से वे लॉग इन करके सामान्य टिकट बुक करा सकेंगे रेलवे बोर्ड के यातायात विभाग के सदस्य गिरीष पिल्लई ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस नई सुविधा से यात्रियों को बहुत फायदा होगा सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर दो रुपये चौरान्नवे पैसे की वृद्वि की गई है भारतीय तेल निगम ने एक बयान में कहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद अब इस महीने दिल्ली में सिलेंडर पांच सौ पांच रुपये चौंतीस पैसे का मिलेगा अब एलपीजी उपमोक्ता के बैंक खातें में सब्सिडी के तौर पर चार सौ तैंतीस रुपये छाछठ पैसे भेजे जाएंगे बदायूं जिले के ककराला कस्बे में आज एक ट्रैक्टर ने सवारी भरे एक तीन पहिया वाहन को ठोकर मार दी जिससे तीन युवकों की मृत्यु हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों में तीन की हालत गम्मीर बतायी जा रही है दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया